मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने पठानकोट से स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक के दौरान ये जानकारी दी

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों द्वारा कंटेन्मेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा कंटेन्मेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी कंटेन्मेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन वे केन्द्र सरकार से परामर्श के बिना कन्टेमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे

संविधान दिवस भारतीय संविधान पारित किए जाने की वर्षगांठ के रूप में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है इसे राष्ट्रीय विधि दिवस और भारत का संविधान पारित किए जाने के दिवस के रूप में भी जाना जाता है

मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में रूक रूक हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट आई है जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में भारी हिमपात के कारण लाहौल घाटी का सम्पर्क अटल टनल रोहतांग के जरिए भी शेष प्रदेश से कट गया है जिला प्रशासन ने मौसम खुलने तक लोगों को अटल टनल की तरफ न जाने की सलाह दी है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली गुलाबा कुफरी व नारकंडा में भी हिमपात हुआ है मौसम विभाग ने आज अधिक उंचाई व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम श्रष्क बने रहने की संभावना जताई है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम और कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं शिमला मंडी और कांगड़ा में बनेंगे कोरोना वैक्सीन सेंटर केस बढ़ने पर पहुंची केंद्रीय टीम

बर्फबारी की खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है भारी हिमपात के बाद अटल टनल सैलानियों के लिए बंद दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भारी बर्फबारी ने रोके अटल टनल के रास्ते हिमाचल दस्तक और अमर उजाला का लगभग एक सौ शीर्षक है बर्फबारी से लकदक हुई चोटियां निचले क्षेत्रों में बारिश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए क्या किया दैनिक भास्कर की एक खबर है